प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केरल में बिजली और शहरी क्षेत्र की प्रमुख परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे

यह एक वोल्ट सोर्स कन्वर्टर आधारित हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट एचवीडीसी प्रोजेक्ट है यह अत्याधुनिक वीएससी तकनीक युक्त भारत का पहला एचवीडीसी लिंक है

इससे केरल के लोगों की बिजली की बढ़ती जरूरतें पूरी करने में मदद मिलेगी

इसे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा मिशन के तहत विकसित किया गया है श्री मोदी तिरुवनंतपुरम में एकीकृत कमान और नियंत्रण केंद्र की आधारशिला भी रखेंगे

आपातकालीन स्थितियों में यह समन्वित कार्रवाई के साझा केन्द्र के रूप में काम करेगी

उन्होंने कहा कि सभी जिलों में शत प्रतिशत कोविड टीकाकरण सुनिश्चित किया जाये साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराया जाये

इसी के साथ राज्य में कोरोना संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर एक लाख उन्नीस हजार चार सौ सतहतर पहुंच गई है वहीं दूसरी ओर कल सैंतीस लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पतालों से छट्टी दे दी गई इसी के साथ राज्य में अबतक कोरोना से स्वस्थ होने वालों की संख्या बढ़कर एक लाख सत्रह हजार नौ सौ छब्बीस पहुंच गई है और सक्रिय मामलों की कुल संख्या चार सौ सड़सठ रह गई है कल किसी भी मरीज की कोरोना से मौत नहीं हुई है कल मिले नए संक्रमितों में सबसे अधिक राजधानी रांची के छब्बीस मरीज शामिल हैं

परिसदन में स्थापित टेलीमेडिसिन सेवा से डॉक्टर और कर्मचारियों को वापस विभिन्न अस्पतालों में भेजा जा रहा है इसके साथ जिले के आठ कोविड सेंटर को भी बंद कर दिया गया है फिलहाल एसएनएमसीएच के कोविड सेंटर में सात सक्रिय मरीज भर्ती हैं कोविड सेंटर के प्रभारी डॉ यूके ओझा ने बताया कि एसएनएमसीएच का कोविड सेंटर फिलहाल चलता रहेगा

मुख्यमंत्री कल राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में शामिल थे इस बैठक का उद्देश्य राज्य में होने वाले सड़क हादसों और उससे होने वाले नुकसान को रोकना था उन्होंने कहा कि सड़क हादसे में होने वाली अधिकांश मौतों का मुख्य कारण अत्यधिक खून बहना होता है इसे रोकने के लिए जरूरी है कि थाने में बचाव की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए घायल को उठाने के लिए स्ट्रेचर और सांस लेने में सहायता के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर होना चाहिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि थाने के कर्मियों को फर्स्ट एड के लिए प्रशिक्षण दिलाएं ताकि समय रहते हादसे में जख्मी व्यक्ति का उपचार हो सके श्री सोरेन ने सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के खाते में तत्काल प्रोत्साहन राशि निर्गत करने का भी निर्देश दिया है साथ ही यह भी कहा कि इसकी प्रक्रिया लंबी नहीं होनी चाहिए बैठक में मुख्यमंत्री के अलावा परिवहन मंत्री चंपई सोरेन मुख्य सचिव सुखदेव सिंह पुलिस महानिदेशक नीरज सिन्हा मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का भी उपरिथित थे

जस्टिस अपरेश कुमार सिंह की अदालत में यह मामला सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है लालू प्रसाद की ओर से दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में मिली सजा की आधी अवधि पूरी करने के आधार पर जमानत मांगी है इस मामले में उन्हें सात साल की सजा मिली है

झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत ने अपर बाजार में अतिक्रमण हटाने और बाजार की सड़कों को जाम मुक्त करने को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए नगर निगम से कहा कि यदि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन नहीं पहुंच सकते तो बाजार को बंद कर दें अदालत ने कहा कि यह सुनिश्चित करना होगा कि अपर बाजार में फायर ब्रिगेड वाहन सुगमता से पहुंच सकें यदि ऐसा नहीं हो सकता तो इतनी बड़ी आबादी को उनके हाल पर नहीं छोड़ा जा सकता अदालत ने इस मामले में नगर निगम को विस्तृत रिपोर्ट अदालत में दाखिल करने का निर्देश दिया मामले में अगली सुनवाई तीन सप्ताह बाद होगी वहीं चीफ जस्टिस डा रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में कल रांची के बड़ा तालाब सहित अन्य जलस्रोतों में हए अतिक्रमण के खिलाफ दाखिल याचिका पर भी सुनवाई हई अदालत ने नगर निगम और राज्य सरकार की ओर से दाखिल जवाब को असंतोषजनक बताया

वर्तमान में कितने जलस्रोत बचे हैं और अभी उनकी स्थिति कैसी है अदालत ने इसकी विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हुए अगली सुनवाई चार मार्च को निर्धारित की है चतरा के मां भद्रकाली मंदिर परिसर में हर साल आयोजित होने वाला राजकीय ईटखोरी महोत्सव इस बार कोविड को लेकर सांकेतिक रूप से मनाया जाएगा तीन दिवसीय इस महोत्सव का उद्घाटन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज वर्चुअल माध्यम से करेंगे कल शाम मंदिर परिसर में प्रबंधन समिति के सदस्यों के साथ सिमरिया विधायक किशुन दास और उपायुक्त दिव्यांशु झा की हुई बैठक में आयोजन का निर्णय लिया गया

पब्लिक हेल्थ फांउडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष डॉक्टर के श्रीनाथ रेड्डी चर्चा में भाग लेंगे

इस कार्यक्रम को आज रात साढ़े नौ बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है

संक्षिप्त राजधानी रांची सहित आसपास के इलाकों में आज सुबह से बादल छाये हए हैं वहीं कई इलाकों में हल्की बारिश भी हुई है रांची के डेली मार्केट के एक द्कानदार को कम कीमत पर स्कूटी दिलाने के नाम पर पचास हजार रुपए की ठगी को लेकर लोअर बाजार थाने में कल प्राथमिकी दर्ज कराई गई है

आरोपित बरियातू की सत्तार कॉलोनी का रहने वाला है

राज्य से प्रकाशित होने वाले लगभग सभी अखबारों ने एक मार्च से झारखंड में स्कूल कॉलेज कोचिंग संस्थान पार्क और सिनेमा घरों के खुलने की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है प्रभात खबर और हिन्दुस्तान ने लिखा है एक से खुलेंगे कोचिंग ॅसिनेमा घर पार्क व सातवीं से ऊपर की कक्षाएं अंग्रेजी दैनिक द टाइम्स ऑफ इंडिया ने भी झारखंड में एक मार्च से कोचिंग सेंटर और सिनेमा हॉल खुलने की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जमशेदपुर के एमजीएम अस्पताल में महिल की मौत पर हाई कोर्ट के संज्ञान लेने की खबर को दैनिक भास्कर ने पहले पन्ने पर जगह दी है जिसका शीर्षक है चीफ जस्टिस बोले महिला की मौत ने मेरी आत्मा को झंझोर दिया इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के लिए खिलाड़ियों की नीलामी की खबर को दैनिक जागरण ने पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है जिसका शीर्षक है सोलह करोड़ पच्चीस लाख रूपये में बिके क्रिस मॉरीस जबकि रांची एक्सप्रेस ने लिखा है आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बने क्रिस मॉरीस अंग्रेजी दैनिक हिन्दुस्तान टाईम्स ने किसानों के रेल रोको आंदोलन को पहले पन्ने पर प्रमुखता से प्रकाशित किया है